सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

रेमडेसिविर इंजेक्शन केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन और आपूर्ति बढाने तथा इसकी कीमत कम करने का फैसला किया है सरकार ने छह निर्माताओं को हर महीने सात अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी दस लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है

हर महीने तीस लाख और खुराक का उत्पादन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है

इससे पहले सरकार ने घरेलू दवा बाजार में इसकी आपूर्ति बढाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी

खण्डवा में जिला स्तरीय क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जबलपुर में नुक्कड नाटक के माध्यम से घनी बस्तियों और कालोनियों निवासियों को जागरूक किया जा रहा है

पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद बारहवीं की परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा दसवीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा उधर प्रदेश में भी मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकंडरी सहित अपनी सभी परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एक महीने के लिए स्थगित कर दी हैं यह परीक्षाएं तीस अप्रैल और एक मई से होने वाली थीं मंडल के अनुसार अब यह परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से आरंभ होकर जून के अंतिम सप्ताह तक कराई जाएंगी राज्यपाल बैठक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड से लड़ने में राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों के साथ सक्रिय सहयोग करने को कहा है उन्होंने कहा कि अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने में वे राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं श्री नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए बातचीत में यह बात कही श्री नायडू ने राज्यपालों को राज्य सरकारों के साथ काम करने और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया मानस ऐप सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने लोगों के कल्याण और भलाई के लिए मानस ऐप की शुरूआत की है मानस मस्तिष्क स्वास्थ्य और साधारण अवस्था संवर्द्धन प्रणाली का संक्षिप्त रूप है जिसे प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद ने राष्ट्रीय कार्यक्रम का दर्जा प्रदान किया हुआ है विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आम जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिये आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं वैक्सीन सुरक्षित है इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है

इस परियोजना के जरिए चुने गए गांव में किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी

आहार क्रांति अभियान पोषण के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए सरकार ने आहार क्रांति अभियान शुरू किया है इसे आहार से जुडी इस विशेष समस्या खासतौर पर खुशहाली के बावजूद भोजन से संबंधित कृपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कैलोरी के लिहाज से जितने कृषि उत्पादों की जरूरत है उससे दोगुना उत्पादन होता है लेकिन इसके बावजूद देश में कुपोषण की समस्या बरकरार है इसी बात को ध्यान में रखते हुए आहार क्रांति अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार आहार क्रांति अभियान के अंतर्गत लोगों को भारत के परंपरागत भोजन में पोषण स्थानीय फलों और सब्जियों के औषधीय गुणों और संतुलित आहार के महत्व के बारे में बताया जाएगा दमोह प्रचार दमोह उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा उससे पहले कल भाजपा और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हआ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रोड शो किया वही शाम को भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रैली निकालकर रोड शो किया प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां अंतिम क्षणों में है